प्रधानमंत्री ने कल शाम नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को अध्यक्षता की इसमें जांच सूविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा गई

उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि वे भावी उपायों पर विचार विमर्श करें भारतीय चिकित्सा अनसधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में अब तक नोवल कोरोना वायरस के सामूदायिक संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सामूदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक की गई सभी जांच के परिणाम नकारात्मक आए हैं डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सामुदायिक संक्रमण की जांच और तेज की जा रही है

ये वायरस का स्थानीय संक्रमण यानी लोकल ट्रांसमिशन है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामुदायिक संक्रमण यानी कंयुनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करते हैं इस सिलसिले में सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाये हैं जिससे इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी

इनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं

मंत्रालय ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की तारीखों में भी परिवर्तन का निर्देश दिया है ताकि ये परीक्षाएं सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड परीक्षाओं के दिन ही न आयोजित की जाएं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय विद्यार्थियों की स्रक्षा सुनिश्चित करने तथा अकादमिक गतिविधियां समयबद्ध रूप से संचालित करन के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में मौजूद अन्य इमामा से भी जुमे की नमाज दो सप्ताह के लिए स्थगित करने की अपील की है मौलाना नकवी ने कहा कि डॉक्टरों के निर्देश पर स्वास्थ्य कारणों और बड़ो संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है इस बीच उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने कोरोना वायरस के चलते मदसरों में मूल्यांकन कार्य परीक्षा एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को दो अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश दिया है

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन रेलगाडो के यात्रियों को व्यक्तिगत सूचना दी जा रही है ऐसे यात्रियों से रद्द किए जाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा जीबी पंत अस्पताल में मेडिसन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे और इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और जन जागरूकता के लिये उद्योग जगत को भी सामाजिक जिम्मेदारी दी जायेगो

श्री महाना ने कहा कि कुछ स्टोर सामानों की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं ऐसे द्रकानदारों के विरूद्ध जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी को मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं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

प्रदेश की योगी सरकार के तीन वर्ष पूरा होने के मौके पर राज्य सरकार के मंत्रियों न आज विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा

श्री मौर्य ने कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में की गई तैयारियों पर कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज और संदिग्धों की जांच के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं

श्री मौर्य ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि इससे सतर्कता और सावधानी बरतने के जरूरत है उप मुख्यमंत्री ने उर्सला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि हेल्प डेस्क में शिफ्ट में कर्मचारी उपस्थित रहें और कोरोना से संबंधित मरीजों को सभी स्विधाएं निःशूल्क उपलब्ध कराई जायें वहीं कौशाम्बी जिले में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय ने सरकार के कामों का लेखा जोखा रखते हुए कहा कि प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है हमीरपूर में राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की और सरकार की उपलब्धियों का गिनाया

श्री जायसवाल ने पीड़ित किसानों को मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया

बागपत जिले में आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री स्वतंत्र प्रभार डाक्टर धर्म सिंह सैनी तथा बलिया में संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप श्रुक्ल ने भी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर मिर्जापुर स्थित माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर कल प्रातः मंगला आरती के बाद श्रद्वालुओं के लिये अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया जायेगा माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर सहित काली खोह व अष्टभुजा मन्दिरों को भी कल से बन्द किया जाएगा

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई किसान बगैर पंजीकरण कराये केन्द्र पर गेहूं बेचने आता है तो उसका पंजीकरण वहीं पर कर लिया जायेगा सौ कुन्तल से अधिक गेहूं की बिकी करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद ही गेहूं की खरीद की जायेगी नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि शहरी मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के मकान बेहतर जन सुविधाएं देने के साथ रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट आईएसएसआर नीति जल्द लाने जा रही है नगर विकास मंत्री के समक्ष कल लखनऊ में प्रस्तावित नीति के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया गया श्री टंडन के निर्देश पर इस नीति में संशोधन करते हए नये सिरे से तैयार किये गये प्रारूप के प्रस्तुतिकरण में स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना को शुरू करने का विकल्प लिया गया